केन्द्र सरकार ने सभी नागरिकों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं देने का संकल्प व्यक्त किया प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कहा प्रदेश में क़ानून व्यवस्था को और मज़बूत बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया है आयोजन

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षकर्धन और विदेश मंत्री डाक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर भी शामिल हुए प्रधानमंत्री ने सभी विभागों के अब तक किए गए कार्यों की सराहना की उन्होंने कहा कि भारत को वर्तमान स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए और लोगों के बीच इस बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरुकता पैदा करने पर जोर देना चाहिए सबसे पहला काम करना चाहिए किसी ना किसी नजदीकी अस्पताल में चेक करवा लीजिए परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी इन्फेक्सन होने की आशंका ज्यादा होती है ऐसे में उनको भी जरूरी टेस्ट करा लेने वाहिए ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए गल्वस भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बना करके रहना चाहिए ईरान में मौजूद भारतीयों को वापस बुलाने और उनकी तत्काल जांच के बारे में योजना बनाने को भी कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने त्वरित कार्रवाई के लिए राज्यों के बीच प्रभावी तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया

नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव क्मार ने बताया कि इनमें दो लद्दाख के और एक तमिलनाड् का रोगी है इन लोगों की स्थिति फिलहाल स्थिर है इसके साथ ही देश में कोविड नाइन्टीन से प्रभावित लोगों की संख्या चौंतीस हो गई है इनमें केरल के वे तीन व्यक्ति भी हैं जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है उन्होंने बताया कि हवाई अड्डो पर करीब साढे सात लाख यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों ने मोबाइल कॉल पर कोविड नाइन्टीन के बारे में लोगों को आगाह करना शुरू कर दिया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल होने वाले होली मिलन समारोह को निरस्त कर दिया है राज्यपाल ने यह निर्णय कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मददेनजर लिया है

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होली मिलन समारोहों में भाग न लेने की घोषणा कर चुके हैं विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों को सार्वजनिक समारोहों से बचने और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखने का सुझाव दिया है

कल जनऔषधि दिवस के अवसर पर जनऔषधि केन्द्र के मालिकों और लाभार्थियों से वीडियो काफ्रेंस के जरिए बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर हाल में किफायती इलाज उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है और अच्छे अस्पताल तथा सक्षम कर्मचारी उसकी प्राथमिकता बने रहेंगे

हर महीने एक करोड़ से अधिक परिवार इन जन औषषि केन्द्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाईयों का लाम ते रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हजार से ज्यादा महत्वपूर्ण औषधियों की कीमतों को नियमित करने से लोगों की बारह हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत हुई है वाराणसी पुलवामा देहरादून मुजफ्फरपुर कोयम्बटूर पुणे और गुवाहाटी के जनऔषधि केन्द्र के मालिक और लाभार्थियों ने योजना के विभिन्न पहलुओं पर बात की और प्रधानमंत्री को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया नए अस्पतालों और वेलनेस सेंटर के निर्माण तथा कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने जैसे कदमों का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य देखभाल के दायरे में लाना है प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि चिकित्सकों को कीमतों में कमी लाने के लिए जेनरिक दवाइयां लिखनी चाहिए उन्होंने कहा कि भारत में बनी जेनरिक दवाइयां उच्चस्तर की होने के कारण विश्वभर में इनकी मांग है और ये गुणवत्ता में बाजार में उपलब्ध दवाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं देश के सात सौ जिलों में जनऔषधि के लगभग छह हजार दो सौ केन्द्र हैं मौजूदा वित्त वर्ष में इन केन्द्रों से तीन सौ नबे करोड़ रुपये मूल्य की बिक्री हो चुकी है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में रक्षा क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भारतीय निजी रक्षा उद्योग क्षेत्र में बाधा बनने के बजाय एक सुविधादाता और उपमोक्ता की भूमिका अदा कर रही है कल नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार रक्षा सामग्री और सेवाओं के लिए अगले पांच वर्षो में पांच अरब डॉलर के निर्यात के लक्ष्य पर काम कर रही है प्रदेश के नवनियुक्त पूलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जा रही है आकाशवाणी से खास बातचीत में श्री अवस्थी ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से नफ़रत फैलाने वालों पर विशेष नज़र रखी जा रही है

अपनी रिसोर्सेज़ से बनाई है लेकिन जो हमारे आदमी थोड़े बहुत ट्रेंड हैं सोशल मीडिया हैंडलिंग में उनको लगाया है वो वाच भी करते हैं कि क्या चीज चल रही है क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है दूसरी चीज हमारे जो एक यहां की पहल की गई थी जिसमें मुहल्लों से कुछ मित्र पुलिस मित्र बनाये गये थे

स्पेशल पुलिस ऑफिसर होते हैं हमने उनको साथ लिया था सिटीजन्स ग्रुप्स हैं जिनसे हम बीट सिस्टम के माध्यम से सम्पर्क में आने का प्रयास कर रहे हैं तो उन सबको नग्बर एक्सचेंज करके हम तोगों ने अनुरोष करा है कि आपको कोई चीज अगर ऐसी दिखाई दे कोई चीज आपत्तिजनक दिखायी देती है सोशल मीडिया पर आप हमको सूचित करें इन्फैक्ट बहुत सारे डॉयल वन कन टू पर भी इस तरह के इनपुट आते रहते हैं जब हमारे पास इस तरह के अनपुट आते हैं चूंकि हर जिले पर मॉनीटरिंग है यहां क्वार्टस पर भी मॉनीटरिंग होती रहती है तो इससे एडवांटेज जो होता है ये है कि हम रीएक्ट करते हैं तुरन्त आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है हर वर्ष आठ मार्च को आयोजित होने वाला यह दिवस विश्व में महिलाओं को बराबरी और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करेंगे महिलाओं विशेषकर कमजोर और पिछड़े वर्गो की महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों समूहों और संस्थानों को ये वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाते है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का टिवटर अकांउट उपलब्धियां हासिल कर चुकी महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार विभिन्न योजनाए चला रही है इनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रमुख हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्दव ठाकरे अपनी सरकार के सौ दिन का कार्यकाल पूरा होने पर अयोध्या पहुंचे उन्होंने पत्नी रश्मि ठाकरे और पृत्र आदित्य ठाकरे के साथ श्रीरामजन्ममूमि में विराजमान रामलला का दर्शन पूजन किया उनके साथ महाराष्ट्र के कई मंत्री और विधायक भी थे इस अवसर पर श्री ठाकरे ने राम मंदिर निर्माण के लिये एक करोड़ रूपये दान देने की घोषणा की उन्होंने महाराष्ट्र से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिये भवन बनाने की भी घोषणा की तीन दिन से लगातार हुई वर्षा के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से नीचे आ गया है राज्य में वर्षा जनित घटनाओं में नौ लोगों की मौत हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि क्रषि विभाग ने किसानों को क्रषि बीमा के दावे के लिए टोलफ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक दो शून्य नौ शून्य नौ शून्य नौ शून्य जारी किया है बारिश और ओलावृष्टि से गोरखपुर बस्ती मण्डल सहित सत्रह जिलों में तीन लाख पैंतालिस हजार सात सौ छियासी किसानों की क्ल एक करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठारह हजार चार सौ उन्सठ हेक्टेयर फसलों का नुकसान हआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य शुरू हो गया है